जोधपुर में स्वाइन फ्लू से तीन लोगों की हुई मौत जिले में आठ और नए मरीज आए सामने

वित्त मंत्री ने कहा कि जन धन खाता धारकों के लिए बैंक की सेवा पर कोई कर नहीं लगेगा

श्री शर्मा ने बताया कि इस दौरान अस्पतालों में चिकित्साकर्मियों को समय पर पहंचने निःशुल्क दवा जांच उपलब्ध कराने और साफ सफाई सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गेए निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर संबंधित चिकित्सकों और कर्मचारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई जोधपुर जिले में स्वाइन फ्लू से तीन मरीजों की मौत हो गई हमारे संवाददाता ने बताया कि ये तीनों मरीज स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद एमडीएम अस्पताल में भर्ती थे जहां कल उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया इनमें दो जोधपुर जिले और एक पाली का रहने वाला है

भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने राजस्थान के हिस्से का पानी निर्धारित कर दिया है

हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि चंडीगढ़ में कल भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट की बैठक हुई जिसमें राजस्थान के लिए पानी की मात्रा तय कर उसका अनुमोदन किया गया

जिला कलेक्टर ने सम्बन्धित उपखंड अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए है

केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद अगले वर्ष यूनानी दिवस के उपलक्ष्य में आज से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत कर रहा है

विशेष और साइबर अपराध थाना अधिकारी संजय आर्य र्ने बताया कि पुलिस को जयपुर में इन तस्करों द्वारा वन्यजीवों की सौदेबाजी करने की सूचना मिली थी

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

फरीदाबाद न्यू टाउन स्टेशन पर नॉन इन्टरलॉकिंग का काम चलने के कारण इस रेलगाड़ी को रद्द करने के कई अन्य ट्रेनों को बदले हुए मार्गो से चलाया जा रहा है

उधर प्रदेश में कई स्थानों पर कोहरा छाने से यातायात प्रभावित हो रहा है